प्रदेश में बीते चौबीस घंटों के दौरान हुई अलग अलग मार्ग दुर्घटनाओं में सत्रह लोगों की मौत लगभग सौ लोग घायल रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने कहा है कि भविष्य की ज़रूरतों को देखते हुए भारतीय रेल की बुनियादी संरचना को मज़बूत करने के लिए बड़े पैमाने पर आमान परिवर्तन दोहरीकरण नई रेल लाइन और नये कारखानों की स्थापना प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है श्री सिन्हा कल गोण्डा रेलवे जंक्शन पर आयोजित एक समारोह में बोल रहे थे इस अवसर पर रेल राज्य मंत्री ने गोण्डा बहराइच नव आमान परिवर्तित रेलखंड का उद्घाटन और इस रेलखंड पर बड़ी लाइन की तीन गाड़ियों के संचलन का शुमारम्म किया उन्होंने कहा कि पिछले चार वर्षो में भारतीय रेल ने प्रगति के नये मापदंड स्थापित किये हैं इसी क्रम में काबीना ने दो सौ चालीस किलोमीटर लम्बी बहराइच भिनगा श्रावस्ती बलरामपुर उतरौला डुमरियागंज मेंहदावल ख़लीलाबाद नई रेल लाइन के निर्माण को मंजूरी भी दी है इस परियोजना पर चार हजार नौ सौ चालीस करोड़ रूपये की लागत आयेगी श्री सिन्हा ने उत्तर प्रदेश में रेल विकास का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य में पिछते चार वर्षो के दौरान चार सौ नौ किलोमीटर नई रेल लाइन का निर्माण दो सौ तिरान्नवे किलोमीटर आमान परिवर्तन दो हजार एक सौ छप्पन किलोमीटर रेल लाइनों का विद्युतीकरण करने के साथ साथ उन्तीस उपरिगामी पुलों का निर्माण किया गया है रेल राज्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में लम्बित रेल परियोजनाओं पर खास ध्यान देते हुए गोण्डा बहराइच रेलखंड को बड़ी लाइन में बदलने का काम पूरा किया गया है साठ किलोमीटर लम्बे इस ट्रैक के बन जाने से तराई और सीमावती इलाके देश के विभिन्न महानगरों से सीधी रेल सेवा के माध्यम से जुड़ गये हैं जिससे इस क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास को गति मिलेगी समारोह में सांसद कीर्तिवर्द्दन सिंह सावित्री बाई फुले ब्रज भूषण शरण सिंह जगदम्बिका पाल और प्रदेश सरकार की मंत्री अनुपमा जायसवाल ने भी विचार व्यक्त किये केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कल तैंड पोर्टस अथारिटी ऑफ इंडिया और बार्डर मैनेजमेंट डिविजन द्वारा क्रियान्वित परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की नई दिल्ली में बैठक के दौरान श्री सिंह ने संबंधित परियोजनाओं के कार्य की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे शेष कार्य भी जल्द से जल्द पूरा कर लें सेना ने कल के नाईन वज्न और एम सात सौ सतहत्तर होवित्जर तोपों सहित नई बंद्कें और उपकरण महाराष्ट्र में नासिक जिले के देवलाली आर्टिलरी सेन्टर में शामिल किये रक्षामंत्री निर्मला सीतारमन और सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत की उपस्थिति में इन अस्त्र शस्त्रों को शामिल करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया प्रयागराज में अगले वर्ष जनवरी में आयोजित होने वाले कुंच के सिलसिले में राज्य प्रशासन जोर शोर से तैयारियों में लगा हुआ है प्रदेश के राहत आयुक्त संजय कुमार ने आकाशवाणी संवाददाता से विशेष बातचीत में बताया कि कुम मेला क्षेत्र की सुख्का और आपदा प्रबंधन के उद्देश्य से विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं जहां तक कुंभ की तैयारी के बारे में है यह पूरी तरह से स्टेट लेवल पर माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इसकी मॉनिटरिंग कर रहे है

इसके अलावा हम लोगों ने एक आपदा प्रबंधन के लिए एक और कार्यशाला हम करने वाले हैं

केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा है कि सरकार दिव्यांगजनों के सशक्तीकरण और समावेश के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है श्री गूर्जर कल नई दिल्ली में दिव्यांग युवाओं के लिए वैश्विक सुचना और प्रौद्योगिकी प्रतिस्पर्धा के उद्घाटन कार्यक्रम में बोल रहे थे उन्होंने दिव्यांग यवाओं की सुवना प्रौद्योगिकी तक पहच को बेहतर बनाने की जरूरत पर बल दिया प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का उद्देश्य बड़ी संख्या में य्वाओं को उद्योगों से जुड़े कौशल का प्रशिक्षण देकर आजीविका के साधन दूंढने में सहायता करना है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से उत्तर प्रदेश में युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जा रहा है हमारे लखनऊ संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट उत्तर प्रदेश में लगभग पांच लाख युवा इस योजना के तहत प्रशिक्षण हासिल कर चुके हैं और लगभग इतनी ही संख्या में युवाओं ने प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अपना नाम दर्ज कराया है हापुड़ के रहने वाले अरमान खान ने आकाशवाणी को बताया कि इस योजना से उन्हें काफी फायदा हुआ मुझे अपने दोस्तों से कौशल विकास मिशन के बारे में पता चला फिर मैंने जाकर सेन्टर पर पता किया तो वहां पर मुझे सेन्टर मैनेजर से पता चला कि जो इसमें योजना है वह बिल्कुल निशुल्क है फिर उसमें कम्प्यूटर में अपना एडमिशन कराया एडमिशन कराने के बाद में मैंने ट्रेनिंग ती और बाद में मैं अच्छी जॉब कर रहा हूँ जॉब मिल गई है तो परिवार वाले भी खुश है प्रशिक्षण के साथ ही मंत्रालय द्वारा समय समय पर आयोजित किये जाने वाले कौशल और रोजगार मेले प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार दिलाने और उद्योगों को प्रशिक्षित युवा कर्मचारी दिलाने मे अहम भूमिका निभा रहे हैं सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों में हुई अलग अलग सड़क हादसों में सत्रह लोगों की मौत हो गई और सौ अन्य घायल हो गये हैं बदायूं जिले के गुन्नौर इलाके में कल सुबह परिवहन निगम की एक बस और एक कार की आमने सामने की टक्कर में छह लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और उन्नीस लोग घायल हो गये ललितपुर शहर कोतवाली इलाके में श्रद्दाल्ओं से भरे एक वाहन के पलट जाने से उसमें सवार पांच लोगों की मौत हो गई और बत्तीस अन्य घायल हो गये जिसमें दस की हालत गंमीर बताई जा रही है उन्हें झांसी मेडिकल कॉलेज रेफ़र कर दिया गया है यह समी श्रद्वाल् औरछा धाम से लौट रहे थे मुजफ्फरनगर में कल सड़क हादसों में तीन सगे भाईयों सहित छह लोगों की मौत हो गई मेरठ करनाल हाइवे पर बुढाना में खड़ी ट्रैक्टर ट्राली में ट्रक ने टक्कर मार दी जिसमें ट्राली में सवार तीन सगे भाईयों सहित चार लोगों की मौत हो गई जानसठ क्षेत्र के सादपूर में बाइक सवार एक यूवक की ग्यारह हजार लाइन के खंबे से टकराने के बाद बाइक में आग लगने से मौत हो गई खंबे में करंट से बाइक और य्वक दोनो जल गए दिल्ली देहरादून हाइवे पर छपार के निकट बाइक सवार दो लोग कार की चपेट में आ गए जिससे एक की मौत हो गई और दूसरे को गंभीर हालत में जिला विकित्सालय में भर्ती कराया गया है वहीं कन्नौज के तिर्वा क्षेत्र में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर दिल्ली से मुज़फ़रपुर जा रही एक निजी बस के पलट जाने से उस पर सवार छियालीस लोग जख़्मी हो गये यह सभी छठ पूजा के लिए मुजप्फरपुर जा रहे थे प्रदेश भर में कल भइया दूज का त्यौहार परम्परागत ढंग से हर्षोल्लास के साथ मनाया गया दीपावली के दो दिन बाद मनाये जाने वाले इस त्यौहार को यम द्वितीया पर्व के रूप में भी जाना जाता है परम्परा के अनुसार भईया दूज के दिन बहने भाइयों को टीका लगाकर उनकी दीर्घायु और खुशहाल जीवन की कामना करती हैं वहीं भाई बहनों को उपहार देने के साथ साथ उनकी रक्षा का वचन देते हैं इस अवसर पर अयोध्या में सरयू तट के जमथरा घाट पर यम द्वितीया का परम्परागत मेला लगा जहां सुबह से ही श्रद्दाल् सरयू में डुबकी लगाकर दीर्घायु होने की कामना तेकर यमराज की पूजा अर्वना किए वहीं बहने व्रत रख कर अपने भाइयों की लम्बी उम्र और खुशहाली की कामना के लिए पूजा अर्चना कीं ब्रजमंडल में भइया दूज का पर्व श्रद्वा और परम्परागत तरीके से मनाया गया गोरखपुर बलरामपुर आगरा क्शीनगर और जौनपुर सहित अन्य जगहों पर भी धार्मिक भक्ति भावना और आस्था पूर्वक भइया दूज का पर्व मनाया गया